राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर व विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग सामरिक दृष्टि से राष्ट्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है मनाली में कल अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस टनल से लाहौल स्पीति व चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी और अधिक सुद्रढ़ होगी और इससे कृषि पर्यटन व बागवानी क्षेत्रों के लिए नये अवसर सुजित होंगे

उन्होंने अधिकारियों को उदघाटन समारोह की सफलता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए राजिन्द्र गर्ग खाद्य आप्रर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कल घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के करलोटी में नवनिर्मित पशु औषधालय का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले अढाई वर्षो के दौरान क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए गए हैं गर्ग ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की देशभर में सराहना की गई है

वृद्ध जनों के साथ होने वाले अन्याय उपेक्षा व दुव्यर्वहार पर लगाम लगाने के उददेश्य से हर वर्ष पहली अक्तूबर को ये दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ गोपाल चौहान ने वरिष्ठ नागरिकों से कोरोना महामारी को देखते हुए नियमित योग व व्यायाम करने सहित खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थानाकलां में कल योग शिविर व स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया इस अवसर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि योग सभी बीमारियों को हराने का एक सार्थक उपाय है और योग मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

दैनिक जागरण का शीर्षक है अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़ खुलेगा पूरा देश

सेना पुलिस ने रोका निरीक्षण को गए सीएम का काफिला अमर उजाला की एक खबर है पंजाब केसरी ने लिखा है सुरक्षा कारणों से अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर एसपीजी ने किए बंद मुख्यमंत्री का काफिला रोका दैनिक जागरण के शब्द हैं एसपीजी ने रोके मुख्यमंत्री के काफिले के वाहन

नमस्कार